दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दुरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार विजेताओं को कोविड महामारी के समय में भी अदम्य साहस दिखाने के लिए सराहना की है आज बाल प्रस्कार विजेताओं से बातचीत करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रस्कार इस बात का उदाहरण है कि छोटे विचार जब सही प्रकार से अमल में लाये जाते है तो कितने बडे और प्रभावकारी परिणाम सामने आते है श्री मोदी ने कहा कि इन बच्चों की सफलता ने कईयों को प्ररेणा दी है

उन्होंने कहा कि इससे इससे विचारधारा का आकार भी बढ़ जाता है श्री मोदी ने कहा है कि उपलब्धियों से हमेशा नम्रता बढ़नी चाहिए और विजेताओ को कभी भी अपनी उपलब्धियों से आत्म संत्ष्ट होना चाहिए

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने देशवासियों से सदैव अपने मताधिकार का आदर करने की अपील की है क्योकि ये साधारण अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि विश्व भर में लोगों ने मताधिकार पाने के लिए कड़ी मेहनत की है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वीडियो कांफ्रेसिंग से सम्बोधित करते हये राष्ट्रपति ने कहा कि अकसर लोग इन उपलब्धियों की कीमत भूल जाते है जो उन्हें आसानी से मिलती है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में लोगों को बिना किसी धर्म जाति लिंग अमीर गरीब के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को अपने वोट का अधिकार बिना किसी भय बाधा और पूर्ण स्वतंत्रता से प्रयोग करना चाहिए मतदाताओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने मत का अधिकार जाति धर्म से ऊपर उठकर करेंगे

इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से स्भी उपाय्क्त जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभाग से सम्बधित अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र द्निया मे सर्वश्रेष्ठ है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने सभी नागरिकों को लिंग वर्ग भेद के बिना मतदान की अधिकार दिया है बहत से देशों में महिलाओं को हमोरे देश की लोकतंत्र की सुदृढ़ व्यवसथा देखकर मतदान का अधिकार मिला चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है मताधिकार बह्ुत बड़ी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम द्वारा हये चूनावों की सफलता देखते हये ही अन्य देशों दवारा च्नाव आयोग से ज्ड़े अधिकारियों का ईवीएम का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया उन्होंने मतदान सुचि में ज्ड़े नये य्वाओं से आहवान किया कि उन्हें वोट का अधिकार मिलने के साथ साथ उन पर देश के प्रति जिम्मेदारी भी बड़ी है प्रदेश के म्ख्य निर्वाचन अधिकाकारी अन्राम अग्रवाल ने मुख्य अतिथि श्री विजय वर्धन का स्वागत किया और राज्य में पिछले दिनों कोविड महामरी के बीच बरोदा उप च्नाव और निकाय च्नाव को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कराये जाने के सम्बध में जानकारी दी

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी है और कहा कि हम सब मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना निरंतर योगदान दें इस अवसर पर सचिव राज्यपाल डा जी अन्पमा ने राजभवन में कार्यालय के सभी अधिकारियोंकर्मचारियों को मतदाता शपथ दिवलाई इस अवसर पर हरियाणा च्नाव विभाग के प्रधान सचिव श्री अन्राग अग्रवाल ने राज्यपाल श्री आर्य को मतदाता बैज लगाया मतदाता दिवस के अवसर पर हरियाणा के अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक आलोक क्मार राय ने पंचकल्ग प्लिस म्ख्यालय में आयोजित एक समारोह में सभी प्लिस अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई प्लिस म्ख्यालय में सभी वे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांति निर्वाचन की गरिमा को अक्षण रख्ते हये निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति सम्दाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हये बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ की भिवानी में चूनाव कार्याल दवारा एक जागरूक्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जयवीर सिंह आर्य ने विदयार्थियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई यम्नागर में मतदाता दिवस समारोह उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्ल क्मार की अध्यक्षता में किया गया

साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले बी एल ओ को भी प्रंशसा पत्र देकर उनका हौंसला बढ़ाया पलवल में उपमंडल अधिकारी कंवर सिंह ने लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई करनाल में भी मतदाता दिवस पर एक विचार गोष्ठी में मताधिकार में महत्व के बारे विदयार्थी को जागरूक किया गया सिरसा के उपायुक्त प्रदीप क्मार ने कहा कि मतदाता का दायित्व है कि सशक्त व स्वच्छ राष्ट्र निर्माझा मं सहयोग करते हये अधिक से अधिक मतदान करें पंचकुला में मतदाता की अध्यक्षता वर्च्अल तौर पर एस डी एम कालका संदीप संधू ने की इसके अलावा नगराधीश सिमरनजीत कौर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हए बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता क्रुक्षेत्र में और उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा महेंद्रगढ़ में तथा म्ख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में बतौर म्ख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे इसी प्रकार उपम्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

पुलिस महानिदेशक डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई दी